प्रधानमंत्री ने कल एक वीडियो संदेश में कहा कि लोग अपने घर में रहें और दिया जलाते समय समूह में इकट्ठे न हों प्रधानमंत्री की इस अपील का समाज के विभिन्न वर्गो ने समर्थन किया है बॉलीव्ड के कलाकारों ने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हए एकज्ट होकर यह कार्य करने की अपील की है कृषि छूट केन्द्र सरकार लॉकडाउन के दौरान रबी फसलों की सुचारू कटाई और गर्मियों की फसलों की ब्आई स्निश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने सभी राज्यों और बीमा कंपनियों के साथ वीडियों कांफ्रेंस के जरिये दावों के भ्गतान रबी फसलों की कटाई की स्थिति फसलों को हुए न्कसान का सर्वेक्षण और स्मार्ट सैंप्लिंग तकनीक की समीक्षा की बैठक में स्निश्चित किया गया कि किसानों को लॉकडाउन के दौरान किसी प्रतिकूल हालात का सामना न करना पड़े फसल बीमा सुविधा को स्गम बनाने के लिए सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजकर संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के लिए लॉकडाउन में काम करने के लिए पास जारी करने को कहा गया है ताकि वे फसल कटाई के समय उपस्थित रह सकें

उधरग़ह मंत्रालय ने भी कृषि उपकरणों और उनके प्र्जे वाली द्वानों को छूट से संबंधित दिशानिर्देश जारी किये हैं इन दिशानिर्देशो में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंपों के पास ट्रकों की मरम्मत वाली द्वानों तथा चाय उद्योग को छूट के दायरे में रखा गया है गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक द्री बनाये रखने और साफ सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिये

दो दिन पहले उन्हें छिंदवाड़ा में कोरोनावायरस के लिए पाजिटिव पाया गया था

इस बीच एक य्वती और उसके पत्रकार पिता को रिपीट सैंपल निगेटिव मिलने के बाद कल श्क्रवार रात अस्पताल से छ्ट्टी दे दी गई

वहीं ग्वालियर जिले में पाँच रिलीफ कैम्प भी स्थापित किए गए हैं इन रिलीफ कैम्पों में लोगों को भोजन चिकित्सीय स्विधा भी उपलब्ध कराई जा रही है

इस पर वीडियो कॉल करने पर चिकित्सालय दवारा स्वास्थ्य परेशानी सु्नकर निराकरण किया जा रहा है डिंडोरी जागरूकता कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लोगों को जागरूक करने के लिए डिण्डोरी में एक नई पहल की श्रुआत की गई है जिला म्ख्यालय स्थित हर तिराहे और चौराहों पर डिंडोरी के एक समाजसेवी व पेंटर दशरथ राठौर द्वारा स्वयं के खर्चे से लोगों को जागरूक करने के लिए मुख्यालय की सड़कों पर अपनी चित्रकला के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस महामारी से बचाव के संदेश दिए जा रहे हैं साथ ही मास्क का उपयोग करने और लोगों से अपने घरों पर ही रहने की अपील भी की जा रही है इस काम को पेंटर ने इयूटी में तैनात प्लिसकर्मियों की मदद से किया है करुणा पहल भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्लिस सेवा सहित अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं के संगठनों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार को समर्थन और मदद देने के लिये करूणा नामक अनोखी पहल की है करूणा सिविल सवर्सिस एसासियेशन रीच ट्र सपोर्ट इन नेच्रल डिजास्टर का संक्षिप्त रूप है और इसमें सिविल सेवा के अधिकारियों उद्योगपतियों एनजीओ पेशेवरों और आईटी पेशेवरों सहित अन्य लोग अपना समय और अन्य योगदान देने के लिए साथ आए हैं

मंडला जिले में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और आज स्बह जोरदार बारिश हुई है बारिश से गेहूं की फसलों को नुकसान हो रहा है